जिन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिये गये हैं उनमें लोक गायक तीज़न बाई और प्रसिद्ध उद्यमी अनिल कुमार मणिभाई नाइक को पद्म विभूषण से नवाज़ा गया है जबकि पर्वतारोही बछेन्द्री पाल स्वतंत्रता सेनानी दर्शन लाल जैन उद्यमी धर्मपाल गुलाटी वैज्ञानिक नंबी नारायण और पूर्व प्रशासक वीके शुंगलू को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है इसके अलावा जिन लोगों को पद्म श्री प्रदान किया गया है उनमें क्रिकटर गौतम गम्भीर बास्केटबाल खिलाड़ी प्रशांति सिंह फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री प्रगतिशील किसान कमला पुजारी पर्यावरणविद साल्लुमरदा थिमक्का और अभिनेता मनोज बाजपेयी शामिल हैं इससे पहले गृह मंत्रो राजनाथ सिंह ने पद्म पुरस्कार पाने वालों से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेता देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं

इस देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है जो उनसङ्ग हीरोज थे जिनको कोई नहीं जानता रहा होगा द्रर दराज केवल अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे थे सेल्फइन्प्रेशन से उन लोगों तक पहुंचने का काम जो है इस सर्च कमेटी ने वहां जाकर उनको तलाश है और उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है इस साल एक सौ बारह लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया था और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उनके नामों की घोषणा की गयी थी आज हुए अलंकरण समारोह से पहले राष्ट्रपति ग्यारह मार्च को एक पद्म विभूषण आठ पद्म भूषण और छियालिस पद्मश्री पुरस्कार प्रदान कर चुके हैं

श्री अरोड़ा ने कल नई दिल्ली में पारदर्शी चुनाव और धन बल का दुरूपयोग रोकने पर विचार विमर्श के लिए बैठक की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मतदाताओं को पैसों का लालच देने और धन बल के दुरूपयोग के मद्देनज़र निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग के लिए बड़ी चुनौती है श्री अरोड़ा ने कहा कि आयोग इस बुराई पर काबू पाने के लिए वचनबद्ध है आयोग ने राज़नीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए विस्तृत दिशा निदश भी जारी किये हैं

विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रहा है भारत को विश्वास है कि अंततः मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल कर लिया जायेगा

कल नई दिल्ली में श्री जेटली ने कहा कि ग्रामीण भारत का विकास और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा में सुधार सरकार की अन्य प्राथमिकताओं म शामिल रहेंगी

अधिकरण में दिल्ली उच्च् न्यायालय की न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता शामिल हैं

उन्होंने कहा कि सैन्य बल हमेशा राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश और देश की जरूरतों के अनुसार काम करते हैं

छः दिनों तक जारी रहे इस मेगा प्रशिक्षण अभ्यास में आसियान और असियान प्लस के भारत आस्ट्रेलिया इण्डोनेशिया जापान म्यांमार रूस सिंगापुर दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र सहित अठ्ठारह देशों के ढाई सौ मेडिकल और पैरामेडिकल लड़ाकों ने सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया

जनरल रावत ने अपने समापन भाषण में न्यूज़ीलैण्ड स्थित क्राइस्ट चर्च में हुई घटना में मौत का शिकार हुए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया इस अवसर पर मध्य कमान के जनरल आफिसर कमाण्डिंग इन चीफ लेफ्टीनेंट जनरल अभय कृष्णा और लेफ्टीनेंट जनरल मनोमॉय गांगुली समेत कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद थे

बरेली में मुख्य विकास अधिकारी सतेन्द्र कुमार ने आज मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कैम्पेन और मतदाता पोस्टर लांच किया मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य के लिए बनायी गयी रणनीति के तहत मतदान में पिछड़े पोलिंग बूथ वाले इलाको में अठ्ठारह साल से कम उम्र के किशोरों की बुलावा टीम घर घर जाकर मतदाताओं को बूथ तक जाने के लिए प्रेरित करेगी और नियमानुसार उन्हें मदद भी देगी ज़िले के दो सौ से ज़्यादा कालेजों में जागरूकता गतिविधियां होंगी मानव श्रृंखला और नुक्कड़ नाटकों के ज़रिये मतदाताओं को वोट के महत्व के प्रति जागरूक किया जायेगा

उन्होंने बताया कि चुनावी सभा हेतु अनुमति देने के लिए उपजिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है

नई दिल्ली में कल शाम पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जारी सूची में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के अठठारह उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गयी है पार्टी ने प्रदेश की बाराबंकी सुरक्षित सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्य सभा सदस्य पीएलपुनिया के पुत्र तनुज पुनिया को प्रत्याशी बनाया है तनुज पुनिया बाराबंकी संसदीय क्षेत्र की जैदपुर विधान सभा सीट से पिछला चुनाव लड़े थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से पराजित हो गये थे

पार्टी ने बुन्देलखण्ड इलाके की बांदा लोकसभा सीट से श्यामाचरण गुप्ता को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है श्री गुप्ता इस समय इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान सांसद हैं समाजवादी पार्टी अब तक प्रदेश की सत्रह सोटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है

एस टीएफ सूत्रों ने बताया है कि गिरफ़्तार अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में बरामद किया गया मिथाइल एल्कोहल शराब बनाने के काम में लाया जाता है बरामदशुदा पन्द्रह हज़ार लीटर से अधिक एल्कोहल का बाज़ार मूल्य पन्द्रह लाख रूपये बताया जा रहा है

वित्त विभाग ने इस बारे में जिलाधिकारियों और मुख्य कोषाधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिया है